हालात की गंभीरता को इससे समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ओरछा में आयोजित किये जा रहे नमस्ते ओरछा महोत्सव में शामिल होने का अपना कार्यक्रम रदद कर दिया है सुबह से ही मुख्यमंत्री निवास से लेकर मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान भी मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर मंथन चलता रहा बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने सभी कांग्रेस विधायकों को भोपाल तलब किया है उधर भाजपा के नेता दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं के साथ विचार विमर्श में जुटे हैं वहीं दोनो ही पार्टियों से विधायकों के पाला बदलने की खबरें चर्चा में हैं लेकिन अभी तक किसी ने भी इसकी पृष्टि नहीं की है उधर तीन कांग्रेसी और एक निर्दलीय लापता विधायक अभी तक भोपाल नहीं लौटे हैं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इन्हें कर्नाटक में किसी जगह भाजपा द्वारा बंधक बनाकर रखा गया है इन्हीं में से एक मंदसौर जिले के सुभासरा से दूसरी बार विधायक चुने गये हरदीप सिंह डंग ने कल इस्तीफा दे दिया था हालांकि श्री डंग का अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है रास नामांकन प्रदेश में रिक्त हो रही राज्यसभा की तीन सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है

गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह प्रभात झा और सत्यनारायण जटिया का कार्यकाल अगले महीने नौ अप्रैल को पूरा हो रहा है पदस्थापना राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी विवेक जौहरी को प्रदेश का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है श्री जौहरी फिलहाल केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक विशेष पुलिस महानिदेशक सायबर सेल राजेन्द्र कुमार अपने वर्तमान कार्य के साथ पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे वर्तमान पुलिस महानिदेशक वीके सिंह को संचालक खेल एवं युवा कल्याण पदस्थ किया गया है श्री सिंह ने आज कार्यभार भी ग्रहण कर लिया

अनुराग शर्मा को बालाघाट रेन्ज का उप पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर डाक विभाग ने राज्य के हर पोस्टल डिवीजन में एक एक पोस्ट ऑफिस को महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है इसके तहत आज मंदसौर में जिला न्यायालय परिसर स्थित डाकघर का पूरा कामकाज महिलाओं ने संभाल लिया है यह मंदसौर डाक संभाग के अंतर्गत आने वाले मंदसौर नीमच जिले में पहला डाकघर है यहां के स्टाफ में एक भी पुरुष नहीं है

नमस्ते ओरछा निवाड़ी जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ओरछा में आज से नमस्ते ओरछा महोत्सव शुरू हो रहा है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओरछा को आकर्षक बनाने के लिए गुलाबी शहर जयपुर की तर्ज पर ओरछा के मुख्य मार्ग के सभी घरों को क्रीम रंग से रंगा गया है उत्सव के दौरान ग्वालियर से ओरछा और ओरछा से ग्वालियर आने जाने वाले पर्यटकों को विशेष हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान की जाएंगी इसके अलावा यहां बिजनेस मीट और किसान मेले का भी आयोजन होगा आइफा इंदौर में इस महीने के अंत में आयोजित किया जाने वाला आइफा अवार्ड को स्थगित कर दिया गया है आधिकारिक जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस के संकमण को देखते हुए एहतियातन इसे स्थगित किया गया है आइफा के आयोजकों ने बताया है कि नई तारीख की घोषणा जल्दी ही की जायेगी